उन्होंने कहा कि कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के संबंध में प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की है इसके बारे में केन्द्र की तरफ से भिलर्ने वाले दिशा निर्देशों पर काम किया जाएगा उन्होंने कहा कि लाकडाउन हटने पर जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए सरकार और प्रशासन को पूरे योजनाबद्व तरीके से काम करना होगा जयपुर में कोरोना मरीजों की बढती संख्या के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कंटेनमेंट के काम को सख्ती से किया जाएगा श्री गहलोत ने कहा कि जिस देश ने कोरोना संकमण रोकने के लिए पहले कदम उठाया वह सफल रहा है

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जांच और तेजी से की जाएगी

वहीं दो हजार पांच सौ उनसठ लोगों के नमूनों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है

आज आकाशवाणी से बातचीत करते हुए श्री खाचरियावास ने कहा कि सरकार और प्रशासन का सहयोग करना सभी नागरिकों का धर्म है

हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि इस गाड़ी की जरूरत पड़ने पर देशभर में किसी भी स्थान पर तुरंत भेजा जा सकता है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से लाभान्वित करौली जिल की एक महिला ने समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया

पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन पालतू जानवरों से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है या ऐसा संभव है सरकार ने लोगों से कहा है कि वे इस प्रकार की अफवाहों से ग्मराह न हों कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यदि खांसी या बिना किसी परेशानी के कोई व्यक्ति दस सैकेंड या उससे अधिक समय तक सांस रोक सकता है तो वह नोवेल कोरोना वायरस से मुक्त है

श्री गहलोत ने कहा कि यह दिन सभी के जीवन में आनंद और शांति ला सकता है और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति देता है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं लॉक डाउन के कारण लोगों ने घरों में ही ईस्टर की प्रार्थना की

इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि यह दिन सभी चुनौतियों पर विजय पाने के लिए ईच्छा शक्ति और शक्ति प्राप्त करने के वास्ते गुरू से आशीर्वाद लेने का दिन है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेशवासियों को गुरू तेग बहादुर सिंह के प्रकाश पर्व की शुभकामनाए दी हैं